राष्ट्रपति ने लोकपाल संस्था के अन्य सदस्य भी नियुक्त किये

कल खेला जायेगा रंग

नीरव मोदी गिरफ्तार भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को आज पुलिस ने लंदन में गिरफ्तार कर लिया है

उसे आज वहां की अदालत में पेश किया गया नीरव मोदी ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में ब्रिटेन की सरकार से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था जिसके बाद लंदन की एक अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था लोकपाल नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है

लोकपाल संस्था में चार न्यायिक और चार अन्य सदस्य होंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले प्रदीप कमार मोहंती अभिलाषा कमारी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है इसे लोकसेवकों की विभिन्न श्रेणियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है

निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्ति निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव खर्च की निगरानी के लिए प्रशासनिक सेवा के दो पूर्व अधिकारियों शैलेन्द्र हांडा और मध् महाजन को विशेष पर्यवेक्षक निय्क्त किया है श्री हांडा को महाराष्ट्र और सुश्री महाजन को तमिलनाडु में तैनात किया गया है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विशेष पर्यवेक्षकों को चुनाव तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की देख रेख की जिम्मेदारी दी गई है ये अधिकारी उन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जो मतदाताओं को नकदी और शराब का प्रलोभन देते देखे जाएंगे मतदाता जागरूकता अभियान लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी के तहत आज सागर में स्वीप गतिविधियों के सफल संचालन के लिये विधानसभा स्तर पर नियुक्त नॉडल अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये वहीं रायसेन में कलश यात्रा निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया पिंक सप्ताह के तहत यहां मेंहदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें महिलाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की गई

खरगोन राजगढ विदिशा भिण्ड मुरैना शाजापुर दतिया शिवपुरी सतना खंडवा सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

कंट्रोल रूम में सी विजिल मोबाइल एप पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय दल गठित किया गया है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीन शिफ्ट में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है

इसी के साथ रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा सभी जिलों में आज रात में होली जलाई जायेगी अगले दिन कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं देंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रंगोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने शुभकामना संदेश में श्रीमति पटेल ने कहा है कि रंग और उमंग का त्यौहार होली एकता सद्भाव समरसता और भाईचारे का प्रतिक है होली के अवसर पर इन्दौर के राजवाड़ा में देर शाम होलकर राजवंश की परंपरानुसार पूजा होगी होलिका दहन के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों ने गोबर के कंडो का उपयोग किये जाने की अपील की है इस बार पेड काटने से बचाने के लिए भोपाल में वन विभाग के सहयोग से गो कास्ठ का विक्रय किया जा रहा है जबलपुर में भी गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में किया जायेगा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती के दौरान भगवान महाकालेश्वर को गुलाल चढ़ाया गया इसके बाद देर शाम होलिका दहन होगा होली के अवसर पर प्रदेशभर के बाजारों में द्वानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में होली पर वर्षो से चली आ रही परम्परानुसार युवतियां सगाई के बाद अपने अपने ससुराल से भेजे गये शक्कर से बने गहनें हार कंगन आदि को पहनकर होली को ड़ांडे की पूजा करती हैं वहीं खंडवा जिले में भी होली का पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा

नीमच और शाजापुर में भी होलिका दहन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं अनुपपुर में जिला कलेक्टर ने ममता बालगृह जाकर बच्चों को रंग गुलाल पिचकारियां और मिठाईयां भेंट की अशोकनगर में जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे होलिका दहन में वनों की लकड़ियां का उपयोग न करें बल्कि गोबर से बनी लकड़ियों और कंडो का उपयोग करें सतना में भी होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिला प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शान्ति और सद्भाव के साथ रंगो के इस पर्व को मनाने की अपील की है जलाकर भोपाल मुरैना भिण्ड शिवपुरी विदिशा छिंदवाड़ा टीकमगढ़ डिंडौरी नरसिंहपुर छतरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने नागरिकों से होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है पोषण पखवाडा राष्ट्रीय पोषण पखवाडा कार्यक्रम के तहत कल विदिशा के मुखर्जीनगर स्थित आंगनबाडी केन्द्र में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया

कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी कलेक्टर बुजेन्द्र यादव ने कहा कि शरीर को आवश्यकता के अनुरूप खाद्य तत्वों की पूर्ति नही होने पर हम कुपोषित होने लगते है जिससे शारीरिक क्षमता में धीरे धीरे कमजोरियां आने लगती है और बच्चे और गर्भवती माताएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जुझने लगती है उन्होंने स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार साफ सफाई पर बल दिया विदिशा के एकीकृत बाल विकास सेवाओं के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यक्रम में पोषण पखवाडा आयोजन के उद्वेश्यों को बताया मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढाव का दौर जारी है सागर भोपाल इंदौर और ग्वालियर संभागों के जिलों में जहां तापमान बढ़ने से गरमी महसूस की जा रही है वहीं जबलप्र शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई

बैतूल से हमारे संवददाता ने बताया कि आज जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हई जिसने किसानों की चिन्ता बढ़ा दी है

मुरैना जिले में भाई दूज पर बहनें जेल में बन्द अपने भाईयों को तिलक लगाने के लिये मुलाकात कर सकती हैं

भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा